सीबीएससी ने आज दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित किये हैं

कैबिनेट अध्यापकों का संविलियन शिक्षा विभाग में कर शिक्षकों का एक कैडर कर दिया जाएगा प्रदेश में अब किसी संविदा कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं श्री चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में शिक्षक के कैडर को डाइंग घोषित कर उनकी जगह गुरुजी और शिक्षाकर्मी बना दिये गये थे ऐसा कर पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई थी मंत्रिपरिषद ने आज निर्णय कर उस व्यवस्था को समाप्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पहले कर्मी कल्वर को समाप्त किया और शिक्षकों को अध्यापक बनाया अब शिक्षकों का एक ही कैडर है और ये राज्य शासन के कर्मचारी हैं अब राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी होने से इन्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही मान सम्मान मिलेगा इस फैसले के बाद प्रदेश में पढ़ाई की व्यवस्था और बेहतर होगी तथा गुणवत्ता बढ़ेगी संविदा कर्मचारियों के संबंध में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए श्री चौहान ने कहा कि अब उन्हें नहीं निकाला जायेगा अब जो भर्ती होगी उसमें निश्चित प्रतिशत तक संविदा कर्मचारियों में से पद भरे जायेंगे जब तक सब संविदा कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जायेगी किसी को नहीं निकाला जायेगा उन्हें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी

परिणाम आज चार बजे घोषित किये जाने थे लेकिन तीन घंटे पहले ही घोषित कर दिये गये

आगरमालवा जिले में इस योजना को लागू करने के लिये स्वास्थ्य विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में सर्वे दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं इस कार्य में आशा कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभा रहीं हैं जिले में सर्वे का कार्य दस जून तक चलेगा गौरतलब है कि इस योजना में पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख रूपये तक का कैशलेस स्वाथ्य सुरक्षा बीमा मिलेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि योजना में पंजीकृत हितग्राही अन्य योजनाओं के लाभों से वंचित नहीं होंगे उन्हें अन्य योजनाओं के लाभ प्रर्ववत मिलते रहेंगे पात्र आवेदकों को पंजीयन सत्यापन के अभाव में आर्थिक सहायता से वंचित नहीं किया जायेगा चिकित्सा सुविधा के लिये आयु का बंधन नहीं होगा प्रदेश के सीमावर्ती अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों को भी बीमारी सहायता योजना में जोड़ा जायेगा मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी की सतत् निगरानी करें किसानों के नाम पर बेईमानी करने वालों को जेल भेजें श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की लांचिंग और हित लाभ वितरण की तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंस से समीक्षा कर रहे थे खेलवृत्ति प्रदेश के अग्रणी खिलाड़ियों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय तथा राज्य स्कूल गेम्स के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलवृत्ति प्रदान की जायेगी इसका मुख्य उद्देश्य इन पदक विजेता खेल प्रतिभाओं को आवश्यकता अनुसार डायट किट और एक्यूपमेंट के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है

इस संबंध में महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि निगम नागरिकों को जल समस्या से निजात दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने आरोप लगाते हुये कहा कांग्रेस चुनाव नजदीक आते देख प्रचार प्रसार के लिए आंदोलन कर रही है इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने नगर निगम पर नागरिको के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुये कहा कि भीषण जलसंकट के कारण इंदौर में लोग परेशान हो रहे हैं तबादला अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ छात्रावास अधीक्षकों का स्थानातंरण कर उनके स्थान पर स्थानीय शिक्षकों को अधीक्षक का प्रभार दिया जायेगा श्री आर्य भोपाल में एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पोष्ट मैट्रिक छात्रावास में एक भी छात्र बाहर का न रहे इसका कड़ाई से पालन किया जाय श्री आर्य ने कहा कि आगामी एक जुलाई से छात्रावासों मे प्रवेश उत्सव मनाया जायेगा

घटना की जानकारी लगते ही सुधार कार्य के लिए अमला भेजा गया है

बताया जा रहा है कि जिस जगह का पहिया टूटा उसके ऊपर की बर्थ पर यात्रा कर रही महिला के हाथ मे गंभीर चोट लगी है हादसे के फौरन बाद स्टाफ ने मुआयना किया तो पहिया टूटा मिला महिला को प्रारंभिक इलाज दिया जा चुका है मौसम राजस्थान की और से आ रही गर्म हवाओं के कारण पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है

हमारे गुना संवाददाता ने बताया है कि आज जिले में आंशिक रूप से बादल छाये रहे जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी एक दो दिन मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है

व्यापारी और अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय तथा प्रदेश के विकास को लेकर बेहतर कार्य करने पर चर्चा हुई